हॉकी इंडिया ने ओलंपिक की तैयारी के लिए तैंतीस खिलाड़ियों की सूची जारी की है कल शुरू होने वाला सितंबर का पूरा महीना देशभर में राष्ट्रीय पोषण माह में रूप में मनाया जायेगा इस वर्ष का विषय वस्त है मृफ्त खुराक पौष्टिक आहार के लिए प्रधानमंत्री की अग्रगामी योजना पोषण अभियान में विभिन्न मंत्रालय शामिल हैं इस मिशन का उददेश्य देशभर में कृपोषण को समाप्त करना है पिछले महीने अपने मन की बात कार्यक्रम में क्पोषण के बारे बात की है और कहा कि जागरूकता की कमी के कारण गरीब और सम्पन्न परिवार क्पोषण से प्रभावित हैं भारत का द्रसरा चन्द्र मिशन चन्द्रयान कल चन्द्रमा की ध्रवीय कक्षा में पहुंचने के लिए तैयार है

इस चरण में चन्द्रयान द्वितीय को ऑरबिट लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ चन्द्रमा के चारों ओर लगभग सौ किलोमीटर की दूरी पर ले जाने की योजना है कल शाम इसी तरह का ऑपरेशन सफल रहा था जब चन्द्रयान द्वितीय अपेक्षित पथ पर पहुंच गया था परसों लैंडर को ऑरबिटर से अलग करने के लिए वृत्ताकार और कम दूरी वाला मार्ग सबसे उपयुक्त है

उस समय पंचकूला के अमरावती विद्यालय की छात्रा निष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नियंत्रण कक्ष में इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेंगी भारत सरकार से इस बावत उन्हें आमंत्रण मिल है

आठवीं की छात्रा निष्ठा शर्मा ने बताया कि उन्हें स्पेस में काफी रुचि है निष्ठा ने स्पेस क्विज में भाग लिया था जिसके तहत उसका चयन हआ है

मुख्यमंत्री ने बनीपुर चौंक पर विभिन्न परियोजनाओं का एक साथ रिमोट द्वारा उद्घाटन व शिलान्यास किया

डेरा प्रमुख राम रहीम पर पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत में चल रहे रंजीत हत्या मामले को लेकर आज सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान मामले में आरोपी राम रहीम ओर कृष्ण वीडियो कांफ्रेंस से पेश हए व अन्य आरोपी जसंबीर सबदिलअवतार प्रत्यक्ष रूप से अदालत में पेश हुए जबकि आरोपी इन्द्रसेन स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हाजरी माफी पर चल रहा है

सरकार ने इसके लिए योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है

पहला फायदा तो यह होगा कि पानी की बचत होगी दूसरा किसान का खर्च और मेहनत दोनो कम हो जायेंगे करनाल के उचानी में एक बैठक को संबोधित करते हए उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं व धान के फसल चक से बाहर निकालने के लिए यह योजना बनाई जा रही है इसका उददेश्य भू जल की बर्बादी को रोकना है

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सिंगापुर के गृहमंत्री के शनमुगम से मुलाकात की और आपसी हित के विभिन्न मुददों पर चर्चा की एक टवीट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सिंगापुर के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमेंशा तैयार रहता है हरियाणा विधान सभा चुनाव को लेकर राजय की सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है हरियाणा यूथ कांग्रेस के महासचिव व सोशल मीडिया प्रभारी शांतनु चौहान ने आज पंचकूला में पत्रकार वार्ता कर हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हए कहाकि बीजेपी सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जनशक्ति अभियान शुरू किया है इस अभियान के तहत यूथ कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल पर जाकर लोगों से मिलेंगे ओर सुझाव लेंगे

इस बारे में भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा ने इस पर पलट वार करते हए कहा कि पिछले पांच साल में भाजपा ने जो काम किए हैं वह पिछली किसी भी सरकार ने नहीं किए और लोकसभा चुनावों में भाजपा की भारी मतों से विजय हुई है जिससे यह सिद्ध होता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है

उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में देश और प्रदेश में आजादी के बाद का सबसे बेहतरीन माहौल है

टीम को बेल्जियम टूर और ओलंपिक में दाखिले हेतु तैयार किया जायेगा

हरमनप्रीत की अग्रवाई में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओलंपिक टेस्ट इवेंट के फाईनल में हालिया जीत के बाद शिविर में भाग लेने वाले खिलाडी अपने प्रदर्शन में बेहतर बने रहने पर ध्यान केन्द्रित करेंगे रीड ने कहा कि बेल्जियम का दौरा टीम के लिए एफआईएच ओलंपिक में दाखिल होने की तैयारी हेतु एक बेहतरीन मंच होगा पलवल में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा आज कैंप कालोनी में कचरा प्रबंधन के बारे में विशेष कानूनी जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया